सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा प्रदेश में सहकारिता के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता

कल नयी दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय की आधारशिला रखते हुए गृहमंत्री ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों ने दो राज्यों के युवाओं को आतंकवाद में ढकेलने की कोशिश की लेकिन सीआरपीएफ ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया अर्धसैनिक बलों की कल्याण योजनाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वचनबद्धता का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि अगले वर्ष अगस्त सितम्बर तक इन सभी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जायेगा उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय जवानों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिये इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिये एम्स से चर्चा कर रहा है मौसम ठंड प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने से ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में है मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क और अमरकंटक में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर आ गया

राजधानी भोपाल में भी पारा लगातार दूसरे दिन भी छह डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही बर्फीली हवा और नमी के कम होने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल से अगले दो तीन दिन तक बारिश का अनुमान जताया है राज्य के मालवा निवाड़ ब्रंदेलखण्ड ग्वालियर चंबल महाकौशल सहित भोपाल संभाग के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है

उमरिया में भी आज और कल स्कूलों में पूरी तरह से अवकाश घोषित किया गया है

जिसके कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा है खंडवा जिले में दिन के तापमान में भी गिरावट आई है वहीं उत्तरभारत की ओर से आने वाली ट्रेने दो से पांच घंटे देरी से चल रही है किसान कर्ज सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है उन्होंने कल भिंड जिले के लहार में किसान सम्मान पत्र और फसल ऋण माफी पत्र के वितरण कार्यक्रम में कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों की पीड़ा को समझा है और उन्हें संकट से निकालने की पहल की है

विधायक निलंबित बह्जन समाज पार्टी ने मध्यप्रदेश विधानसभा में दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई परिहार को नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया है

विधायक रामबाई पर पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है वहीं रामबाई ने अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए कहा कि वे मायावती और पार्टी के साथ थी हैं और रहेंगी उन्होंने कहा कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं

इसलिए प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को पुनः पुनर्जीवित किया जाएगा मध्यप्रदेश में सहकारिता के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी वे इंदौर जिले के सांवेर में प्रदेष के पहले किसान समृध्दि केंद्र का लोकार्पण करते हुए किसानों को संबोधित कर रहे थे सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को खाद बीज कृषि यंत्र और अन्य कृषि आदान रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना की जा रही है किसानों को किसान समृद्धि केंद्र से कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है

उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भी कड़ाके की सर्दी के बीच भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहॅचे हैं उद्यान के उपसंचालक सिद्वार्थ गुप्ता ने कहा कि पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हए विशेष व्यवस्थाएं की गई है लेकिन उद्यानिकी अधिकतम प्रवेश सीमा को ध्यान में रखते हुए ही सैलानियों को प्रवेश दिया जायेगा

इससे पेंच को अब तक सर्वाधिक तीन करोड़ ग्यारह लाख पेंतीस हजार से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ

वहीं शिविर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भोपाल में कल आयोजित शिविरों में करीब पौने दो करोड़ रूपये की राशि के कार्यो का भूमिपूजन किया